समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल खरीदी के लिये अट्ठाईस जुलाई से शुरू होगा किसानों के पंजीयन का काम

जूडा हड़ताल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूडा की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है उच्च न्यायालय ने नर्सिंग और पैरामेडिकल की हड़ताल को भी अवैध करार देते हुए सभी चिकित्सकों नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तत्काल काम पर वापस लौटने के निर्देश दिये हैं जूडा के प्रदेश अध्यक्ष सचेत सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया कि हम हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते इसलिये अपनी हड़ताल खत्म कर रहे हैं उन्होंने सरकार से जूडा पर लगाये गये मामलों को वापस लेने की मांग की

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी एप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज पन्ना पहुंची इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रथ पर सवार होकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चार साल में प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नही रहेगा हर गरीब को पक्के मकान दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें अब बेहतर हो गयी है श्री चौहान ने कांग्रेस से जबाब मांगते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल मे ये विकास क्यों नही किया उन्होंने सिमरिया में तहसील भवन जल्दी बनवाने की घोषणा भी की श्री चौहान पवई अमानगंज और गुनोर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे आधार पंजीयन शत प्रतिशत आधार का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में भी आधार पंजीयन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात आज भोपाल में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में कही श्री गुप्ता ने कहा जिन ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फायबर लाइन डाली जा चुकी है उन्हें टेलीफोन से कनेक्ट करें उन्होंने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर के संचालन के लिये प्रशिक्षित विभागीय स्टाफ होना चाहिए वर्चुअल आईटी कॉडर की ट्रेनिंग करवाई जाए और दूसरें विभागों में कार्य कर रहे तकनीकी विशेषज्ञों के साथ संपर्क में रहें मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों में संज्ञान लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है आयोग ने भोपाल सेंट्रल जेल में दो विचाराधीन कैदियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने के मामले में संज्ञान लेकर अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल महानिदेशक जेल मुख्यालय भोपाल और जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल भोपाल से प्रतिवेदन तलब किया है वहीं आयोग ने विदिशा जिले के गंजबासौदा के त्योंदा कस्बे में बारिश के दौरान नाले को पार करने के लिए बच्चों द्वारा तार का सहारा लेने के मामले में संज्ञान लिया है आयोग ने इस संबंध में एक महीने में कलेक्टर से कार्यवाही का प्रतिवेदन मांगा है पिछले साल भी बारिश के दौरान यहां एक बालक नाले में गिर चुका है

शहडोल जिले में किसानो के पंजीयन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कृषि विभाग के उपसंचालक जीएस पेंद्राम ने बताया कि खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य तय कर दिये गये हैं

पंजीकृत किसान ही अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे लिहाजा किसान समय रहते जरुरी दस्तावेजों के साथ खरीदी केंद्रो पर अपना पंजीयन करालें पंजीयन के दौरान जो रकबा दर्ज कराया जायेगा उसका राजस्व अधिकारी सत्यापन करेंगे गलत रकबा दर्ज होने पर पंजीयन निरस्त किया जायेगा

इस दौरान ईवीएम वीवीपेट और मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने से सम्बन्धित विषय पर चर्चा की साथ ही लोगों को इन विषयों पर जागरूक करने के रणनीति पर भी विचार हुआ बैठक में दो दर्जन से भी अधिक सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे

नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने सभी प्रोजेक्ट निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि देश के चुनिंदा शहरों में क्षेत्र आधारित विकास और पेन सिटी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश के सात शहर इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर और सतना का चयन तीन चरण में स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है

छतरपुर दमोह पन्ना कटनी उमरिया शहडोल टीकमगढ़ शिवपुरी दतिया अशोकनगर और सतना जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की आशंका है शेष प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि यहां रानी अवंती बाई बरगी जलाशय से कल शाम से पानी छोड़े जाने के बाद ग्वारीघाट तिलवारा घाट लम्हेटा घाट भेड़ाघाट समेत खंदारी और परियट जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वहीं खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बड़ रहा है ऑकारेश्वर बांध का जलस्तर एक सौ बानवे दशमलव तीन तीन मीटर और इंदिरा सागर बांध का दो सौ इक्यावन दशमलव एक चार मीटर पहुंच गया है

इसमें लगी आग की चपेट में आने पर एक झोपड़ी जलकर नष्ट हो गई